ये राष्ट्रीय पुरस्कार हर वर्ष कमजोर और वंचित महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्ति समूहों और संस्थानों को प्रदान किए जाते हैं

एक अन्य पुरस्कार विजेता एक सौ पांच वर्षीया भागीखी अम्मा पुरस्कार ग्रहण करने के लिए दिल्ली नहीं आ पायीं इन महिलाओं ने अपने सपने पूरे करने के रास्ते में भौगोलिक बाघाएं उम्र और संसाधनों की कमी को आडे नहीं आने दिया अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार दिल्ली इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत महिला और बाल विकास राज्य मंत्री देवाश्री चौधरी और जल शक्ति तथा सामाजिक न्याय आधिकारिता मंत्रालयों के राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया उपस्थित थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लोगों को श्भकामनाएं दी हैं एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने नारी शक्ति की भावना और उपलब्धियों को नमन किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि वे आज साइन ऑफ कर रहे हैं और आज दिन भर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली सात महिलायें अपनी जीवन यात्रा को उनके सोशल मीडिया एकाउंट्स पर लोगों के साथ साझा करेगी उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने लोगों से महिलाओं की उपलब्धियों को उजागर करने और स्त्रियों के लिए अधिक समानतापूर्ण विश्व के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया है गुह मंत्री अमित शाह ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बयाई देते हए नारी शक्ति को नमन किया है महिला दिवस की बघाई देते हए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार समी क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित ताजमहल सहित सभी पुरातत्व स्थलों में आज देश विदेश की महिलाओं का प्रवेश निशुल्क रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नही है उस पर पूरा नियंत्रण है सरकार इसके लिये गांव गांव में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है मुख्यमंत्री आज सिद्धार्थनगर के ककरहवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जन आरोग्य स्वास्थ्य मेला पोषण अभियान और संचारी रोग नियंत्रण अभियान के शुभारम्भ कार्यक्रम को सम्वोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिये सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बयाई देते हुये श्री योगी ने कहा कि देश में महिला सशक्तीकरण के कई अभियान चल रहे हैं भारत की परम्परा मात शक्ति की पूजा की रही है हमने गाय को और गंगा माँ को भी माँ का दर्जा दिया है पूरी दुनिया इससे सीख ले रही है कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों की कई महिलाओं को सम्मानित भी किया उधर कृशीनगर के कस्या के अहिरौली गांव में स्वास्थ्य विमाग की जनहितकारी योजनाओं का श्मारम्भ करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि क्शीनगर के नव निर्मित एयरपोर्ट से देश विदेश में उड़ान शुरू करने के लिये सरकार प्रतिबद्द है शीघ्र ही यहां से नेपाल काठमाण्डू म्यामार सिंगापुर और बैंकाक के लिये उड़ान सेवा शुरू की जायेगी उन्होंने बताया कि क्शीनगर में मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में कार्य प्रगति पर है प्रदेश के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक हितेश चन्द्र अवस्थी ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जा रही है आकाशवाणी से खास बातचीत में श्री अवस्थी ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत फैलाने वालों पर विशेष नज़र रखी जा रही है हर ज़िले स्तर पर सोशल मीडिया मॉनीटरिंग सेल बनाई है अपनी रिसोर्सेज़ से बनाई है लेकिन जो हमारे आदमी थोड़े बहुत ट्रेंड हैं सोशल मीडिया हैंबलिंग में उनको लगाया है वो वाच भी करते हैं कि क्या चीज चल रही है क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि विश्व भर में नोवल कोरोना वायरस के एक लाख से अधिक मरीजों का पता चला है और तीन हजार चार सौ से अधिक रोगियों की मुत्य भी हई है संगठन ने शुक्रवार को विश्व भर को सरकारों से कोविड नाइन्टीन पर काब् पाने के अभियान में तेजी लाने की अपील की है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष टैडोस अधानोम घेब्रीयीसस के अनुसार चीन से बाहर नोवेल कोरोना वायरस सत्रह गुना तेजी से फैल रहा है